नई दिल्ली में मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के शक्ति नगर में आज एक च्नावी जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने जनता की आकांक्षाओं को समझा और उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य किया है उन्होंने कहा कि दिल्ली को मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है जो केवल भाजपा ही दे सकती है

मेंट ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा से भेंट की उन्होंने प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की और केन्द्र सरकार से उदार आर्थिक मदद दिलाने का आग्रह किया जगत प्रकाश नड्डा ने इस दिशा में सहयोग का आश्वासन दिया है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे कोरोना वायरस प्रदेश में कोरोना वायरस के संभावित खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है बिलासपुर में एक बैठक में उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी व जागरूकता की जरूरत पर बल दिया उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पतालों में जुखाम खांसी वाले रोगियों की पर्ची के लिए अलग कांउटर बनाने के निर्देश दिए उधर चम्बा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने बताया कि न्यूजीलैंड से बीजिंग होते हुए कुछ लोग कल चम्बा आए हैं और इनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में सीमेंट के दामों में की गई वृद्धि की आलोचना की है एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्यों में लगातार वृद्धि से ये स्पष्ट है कि सरकार की सीमेंट कम्पनियों के साथ पूरी सांठ गांठ है उन्होंने कहा कि राज्य में बन रहा सीमेंट स्थानीय लोगों को मजबूरी में महंगी दरों पर खरीदना पड़ रहा है कुलदीप राठौर ने कम्पनियों से कीमतों में वृद्धि के फैसले को तुरन्त वापिस लेने की मांग की है राजभाषा नगर राजभाषा कार्यान्वयन सभिति ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आज वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया समारोह की अध्यक्षता मुख्य आयकर आयुक्त सुखविन्द खन्ना ने की उन्होंने केन्द्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करने पर खुशी जताई और भविष्य में भी इस कार्य में सहयोग का आहवान किया समिति की सचिव सुधा सिंह ने बताया कि इस मौके पर हिन्दी पखवाड़े के तहत हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया सूरजकुंड सूरजकूंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हिमाचल की संस्कृति पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं मेला मैदान में बनी भीमाकाली मंदिर की प्रतिकृति पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बन रही है

पारम्परिक पहाड़ी शैली में बनाए गए दो मंजिला अपना घर में चम्बा जिले से एक परिवार को ठहराया गया है जो पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति व जीवन शैली का अनुभव करा रहा है समिति प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति इन दिनों केरल के प्रवास पर है समिति ने आज वायनाड में अधिकारियों के साथ बैठक कर ईको टूरिज्म व आयुर्वेद के संबंध में जानकारी हासिल की सदस्यों ने इन विषयों पर गहन विचार विमर्श किया